राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान मिले पांच हजार पांच सौ से ज्यादा नये कोरोना संक्रमित सक्रिय मामलों की संख्या उनचास हजार के पार पहुंची

आइपीएल किकेट मैच में कोलकाता नाइटराइडर्स ने पंजाब सुपर किंग्स को हराया आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैंलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

दोनों देशों में कोविड की स्थिति पर दोनों नेताओं में विस्तार से चर्चा हुई चर्चा के दौरान कोविड की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण प्रयासों आवश्यक दवाओं की आपूर्ति तथा चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपायों पर बातचीत हुई राष्ट्रपति बाइंडेन ने भारत के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए कहा कि उनका देश भारत के प्रयासों में सहयोग करने के लिए कृतसंकल्प है और वेंटिलेटर तथा कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल और दवाओं की सुगम और प्रभावी आपूर्ति में सहायता करेगा श्री मोदी ने अमरीका द्वारा भारत को दी जा रही सहायता के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया उन्होंने वैक्सीन मैत्री कोवैक्स भागीदारी और क्वैड वैक्सीन पहल जैसे कार्यक्रमों से कोविड महामारी को नियंत्रित करने करने का उल्लेख किया अमरीकी राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत में टीके के निर्माण के लिए कच्चे माल और दवाओं की सुगम और प्रभावी आपूर्ति के महत्व पर भी जोर रहा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भारत और अमरीका की साझेदारी कोविड की वैश्विक चुनौती का समाधान कर सकती है राज्य भर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान पांच हजार पांच सौ इकतालीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कल संख्या बढकर दो लाख सात हजार दो सौ अट्ठासी पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर चार हजार अठारह लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुटटी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख पचपन हजार छह सौ उनहत्तर पहुंच गई है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर उनचास हजार पांच सौ चार पहुंच गई है राज्यभर में कल एक सौ चौबीस कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की क्ल संख्या बढ़कर दो हजार एक सौ पंद्रह पहुंच गई है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राजधानी रांची स्थित इटकी यक्ष्मा आरोग्यशाला के इंटर वार्ड को कोविड वार्ड बनाने की प्रक्रिया कल से शुरू कर दी गई है इस क्रम में सबसे पहले इंटर वार्ड में भर्ती मरीजों को अन्य वार्डो में शिफ्ट किया गया भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता अनिल कुमार ने कोविड वार्ड के लिए चिह्नित इंटर वार्ड का निरीक्षण किया

संक्रमण के बढ़ते मामले और ऑक्सीजन की उपयोगिता देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं

उपायुक्त रमेश घोलप ने ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया फिलहाल जिले में डेढ़ सौ जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावे पर्याप्त मात्रा में बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है और लगातार इस दिशा में जिला प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं

आयुष मंत्रालय ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सकों को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं यह दिशा निर्देश संक्रमण के निवारक उपाय के साथ साथ घरों में ही पृथकवास में रह रहे मरीजों के उपचार के लिए हैं यह दिशा निर्देश और परामर्श आयुष मंत्रालय द्वारा गठित आयुष अनुसंधान और विकास कार्य दल के साथ अधिकार प्राप्त समिति के गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं आयुष मंत्रालय ने पिछले साल कोविड से बचाव और स्वस्थ रहने से संबंधित एक परामर्श जारी किया था इसी सिलसिले में मंत्रालय ने आयुषक्वाथ आयुर्वेद जैसी तैयार औषधि के उपयोग को भी बढ़ावा दिया है यह चार जड़ी ब्रेटियों का एक सरल मिश्रण है धनबाद में कोरोना से स्वस्थ हो चुके सीआइएसएफ के जवान संक्रमितों के इलाज के लिए प्लाज्मा दान करेंगे

जांच रिपोर्ट आने के बाद तय होगा कि इनमें से कितने जवान प्लाज्मा दान करने के लिए उपयुक्त हैं

इस दौरान सीआइएसएफ के डीआइजी विनय काजला भी मौजूद थे उन्होंने खूद रक्तदान कर अभियान की शुरुआत की और जवानों का हौसला भी बढ़ाया

वहीं दूसरी ओर कई चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी प्रतिनियुक्ति स्थान पर योगदान नहीं दे रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है इनमें से दो चिकित्सकों के खिलाफ कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई इनमें चिकित्सक डा कीर्ति त्रिपाठी जिनका मूल पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिठोरिया रांची है तथा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पूर्णिमा बेक जो हेल्थ वेलनेस सेंटर बालसिरिंग नामकुम प्रखंड मे पदस्थापित हैं शामिल हैं इन दोनों की प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल रांची के डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में की गई थी लेकिन दोनों ने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान नहीं दिया

इन सबको आज दोपहर एक बजे तक का योगदान करने का समय दिया गया है

झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा तथा उनकी पत्नी डा विजेता को मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्हें सांस संबंधित परेशानी होने और आक्सीजन लेवल घटने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है दोनों अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती हैं इससे पूर्व दोनों होम आइसोलेशन में ही इलाजरत थे और डाक्टरों के परामर्श से दवाएं ले रहे थे दो दिन पहले डीजीपी ने बताया था कि उनकी तबीयत में सुधार है इसी बीच असहज महसूस करने के बाद उन्हें पत्नी संग मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया

साथ ही विद्युत लाइन में किसी भी प्रकार की खराबी होने की स्थिति में शिकायत के लिए खुद नहीं आकर मोबाइल फोन द्वारा पावर सब स्टेशन सरायकेला कनीय विद्युत अभियंता या सहायक विद्युत अभियंता को सूचित करने को कहा है

इस हादसे में मारे गए पांच मजदूर खूंटी जिला के रनियां थाना क्षेत्र के बलंकेल गांव के रहने वाले हैं हादसे की सूचना कल गांव पहुंची तो पांचों परिवार के साथ पूरा गांव गम में डूब गया

रनिया थाना को थानेदार गांव पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर कहा कि झारखंड सरकार चार्टर्ड प्लेन से सभी मृतक मजदूरों का शव लेकर आएगी आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब सुपर किंग्स को पांच विकेट से हरा दिया

आईपीएल में आज अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में शाम साढ़े सात बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना रॉयल चौलेंजर्स बंगलौर से होगा

इसे लेकर रेलवे ने कल आदेश जारी कर दिया है रेलवे कर्मचारियों को यह रकम कर्मचारी कल्याण निधि से दी जाएगी

खरसावां प्रखंड के बडाआमदा बुरूडीह चिलकू संतारी तथा बागरायडीह में कोरोना टीकाकरण के लिए विशेष कैंप लगाया गया

रिम्स में अड़तालीस घंटे में शुरू होंगे चार सौ और ऑक्सीजन बेड शीर्षक से हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर खबर प्रकाशित किया है वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है कोरोना कंट्रोल में नहीं उनतीस अप्रैल के बाद झारखंड में फिर बढ़ेगा लॉकडाउन प्रभात खबर ने सरकार की घरों में भी मास्क पहनना शुरू करने की अपील की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है झारखंड में हर सौ लोगों की जांच में पंद्रह मिले संक्रमित अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाईम्स ने दिल्ली और कर्नाटक में अठारह वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को मुफ्त कोविंड वैक्सीनेशन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है